उन्होंने कहा पारदर्शिता और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं

नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रति प्यार व्यक्त करने के लिए शहर के लोगों का धन्यवाद किया उन्होने कहा कि लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है लेकिन वे काशी के लोगों के लिए एक साधारण कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि वाराणसी में पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेन्द्र मोदी बना और सफलतापूर्वक चुनाव प्रचार किया प्रधानमंत्री ने भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को श्रद्वांजलि अर्पित की जिन्होंने पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश विकास और आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर चल रहा है और हाल के वर्षो में इसमें तेजी आई है उन्होंने दोहराया कि भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों को बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपने खिलाफ लड़ने वाले विपक्षी उम्मीदवारों के आभारी हैं

शुक्रवार को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है इससे एक दिन पहले ब्रहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसी दिन लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थाई अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे

राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे स्लग राज्यपाल अल्मोड़ा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि आध्यात्मिक स्थानों को धार्मिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की जरूरत है इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को विवेकानन्द आदि जैसे आध्यात्मिक पुरूषों के बारे में जानने का मौका मिल सकेगा राज्यपाल आज अल्मोड़ा के काकड़ीघाट स्थित बाबा नीम करौली आश्रम पहुंची और यहां चल रहे भागवत कथा में भी प्रतिभाग किया इस दौरान स्थानीय लोगों ने राज्यपाल को काकड़ीघाट में पेयजल की समस्या से अवगत कराया जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी को पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने के निर्देश दिये स्लग गढ़वाल आयुक्त गढ़वाल आयुक्त डॉ बीवीआरसी प्रुषोत्तम ने केदारनाथ में सेवा दे रहीं हैली कम्पनियों को टिकटों की पारदर्शिता को बनाये रखने के आदेश दिये हैं

बैठक में गढ़वाल आयुक्त ने एडीएम और सीओ को टिकटों की पारदर्शिता बनाये रखने के ले सघन चौकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि टिकटों की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए उन्होंने कहा कि किसी भी कम्पनी की कालाबाजारी में संलिप्तता का प्रमाण पाये जाने पर कम्पनी को सीज कर दिया जाएगा गढ़वाल आयुक्त ने हैली संचालकों को सभी हैलीपैडों पर डिस्पले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जिसमें सम्बन्धित हैली कम्पनियों द्वारा आगामी दिवस के लिए जारी होने वाले ऑफलाइन टिकटों की संख्या के साथ ही बैकलॉग टिकट और टिकट जारी करने के समय को प्रदर्शित करना होगा

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने राजधानी में पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि देश की जनता राष्ट्र के प्रति पंडित नेहरू के योगदान को याद करती रहेगी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि नेहरू जी को आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखा जायेगा

प्रदेश में भी स्वर्गीय नेहरू को भावभीनी श्रद्वांजलि दी गई देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जवाहरलाल नेहरू एक वैज्ञानिक विचार विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया गोष्ठी में पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला गया स्लग दुर्घटना रुद्रपुर में सड़क हादसे में दो सगी बहनो की मौत हो गई जबकि दो अन्य लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं हादसा सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुआ जब तेज रफ्तार से आ रहे एक कन्टेनर ने चार युवतियों को रौंद दिया जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं हादसे के बाद कन्टेनर चालक फरार हो गया इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया सूचना मिलने पर कोतवाल कैलाश भट्ट पुलिस कर्मियों के साथ मौके पहुंचे उन्होंने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों बहनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिये कोतवाल ने बताया कि अस्पताल में भर्ती दोनों महिलाओं की हालत भी गम्भीर है एक साथ दो बहनों की मौत से परिजन बेहद सदमे में हैं स्लग बैठक चमोली चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी नगर निकायों को ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जल्द भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं नगर निकायों में कूड़े कचरे के उचित निस्तारण के लिए गठित समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने डोर टू डोर जैविक और अजैविक कूड़ा कलैक्शन जन जागरूकता स्वच्छता और उपभोक्ता शुल्क वसूलने संबधी समस्याओं पर चर्चा की उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को ट्रेंचिंग ग्राउंड के साइड डेवलपमेंट कार्यो के लिए भी डीपीआर तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं

प्रतियोगिता के बाद राजभवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि पिछले कुछ सालों में राजभवन गोल्फ कोर्स को आमजन से अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि गोल्फ प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण उद्देश्य नैनीताल और प्रदेश के पर्यटन का प्रचार प्रसार करना है गवर्नर्स कप गोल्फ ट्र्नामेंट के ओवरऑल विजेता प्रेम सिंह और उपविजेता दिनेश पंवार को घोषित किया गया सुपर वेटरन विजेता की ट्राफी विंग कमांडर एचएस बेदी ने जीती सुपर वेटरन रनर अप एमसी निगम रहे इण्टर स्कूल गवर्नर्स कप टूर्नामेंट के बालक वर्ग में सेंट जोसेफ कालेज नैनीताल विजेता और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उपविजेता रहे बालिका वर्ग में मोहन लाल शाह बाल विद्या मंदिर नैनीताल विजेता और एमतुल्स पब्लिक स्कूल नैनीताल उपविजेता घोषित किये गये प्रतियोगिता में बेस्ट नेट विजेता कर्नल अतुल शाह और बेस्ट नेट उप विजेता एसएनकवी रहे महिला वर्ग में आसमा मंसूर विजेता रही

स्लग ठगी रूड़की हरिद्वार जिले के रुड़की और देहात क्षेत्र में साइबर अपराध और ठगी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है क्षेत्र में ऑनलाइन जमीन और नौकरी से जुड़े ठगी के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं हड़कंप मचा हुआ है यहां तक की शेयर बाजार में भी लोगों के साथ छल किया जा रहा है एसपी देहात नवनीत सिंह का कहना है कि पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन ठगी से बचने के लिए लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा